पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहा है कि पूर्णबंदी का कोई उल्लंघन न हो और लोग परस्पर स्रक्षित दूरी बना कर रहें केरल में पंचायतों और नगरपालिकाओं में तीन सौ चार सामूदायिक रसोइयां श्रू की गई हैं

संगरोध के लिए सात सौ केंद्र बनाये गये हैं जिनमें रहने और खाने की व्यवस्था है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि देश के जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है ये हैं हॉटस्पॉट जिले गैर हॉटस्पॉट जिले और हरित क्षेत्र वाले जिले

उज्जैन देवास और रतलाम में भी नए मामले सामने आए हैं

इंदौर और भोपाल में ये नर्सिंग छात्राएँ म्ख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन काम करेंगी

परिवहन भोजन और आवास भी विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा इसके अलावा नर्सों को व्यक्तिगत स्रक्षा उपकरण पीपीई सहित सभी आवश्यक स्रक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाएंगे

अधिकारियों ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर विशेष विमान दवारा परीक्षण के लिए नमूने दिल्ली भेजने की व्यवस्था भी की गयी है

फल सब्जी व द्ध डोर ट् डोर पहचने की व्यवस्था रहेगी

इटली में गंभीर रूप से बीमार लोगों की संख्या घट रही है लेकिन संक्रमण के नए मामले भी सामने आ रहे हैं

चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने टवीट कर बताया कि ये किट आज सवेरे ग्वांग्झो हवाई अड्डे से रवाना की गई हैं

सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय अन्य देशों से महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति स्निश्चित करने के सरकार के प्रयासों के अंतर्गत सक्रियता से काम कर रहा है